प्रदेश में छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान सभी जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ

इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में करीब डेढ प्रतिशत मतदान कम हुआ है

नई दिल्ली में निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने कहा कि कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर पूर्रे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हआ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि शाम पांच बजे करीब पांच हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर तीन लाख से अधिक मतदाता कतार में लगे रहे श्री कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र के अंदर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी आने के कारण क्छ देर के लिये मतदान प्रभावित हुआ बाद में नई मशीन लगाकर मतदान फिर से शुरू करवा दिया गया लोकतंत्र के इस महापर्व में यूवा महिला और सौ वर्ष से अधिक उम्र तक के लोगों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया विशिष्ट पुलिस महानिदेशक एनआरके रेड्डी ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागों में मतदान शांतिपूर्ण हुआ उन्होंने बताया कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी जो घटनाएं हुई भी हैं वे मतदान केंद्र के बाहर घटी हैं

श्री कुमार ने कहा कि राज्य में मतदान के इस महापर्व में प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधिकारियों और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कार्मिकों की कर्तव्यपरायणता और समर्पण की भावना से ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो सका उन्होंने सकारात्मक सहयोग के लिए मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त किया

वहां पर बिजली की सतत आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं साथ ही जनरेटर की भी व्यवस्था रहेगी

इस दौरान हालात पर काबू पाने के लिये आइटीबीपी के जवान ने हवाई फायर किया घटना के बाद मतदान केन्द्र पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ते को तैनात कर दिया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह द्वारा ग्रामीणों से समझाइश की गई करीब एक घंटे के बाद मतदान को फिर से शुरु कराया गया उधर जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विधायक शक्न्तला रावत पर बाहर क्छ बाहरी लोगों द्वारा हमला करने का मामला भी सामने आया है वहीं बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में मतदान के दौरान दो दलों के समर्थकों में झगडा हो गया इस दौरान चार लोग घायल हो गये उपद्रव्यियों ने दो वाहनों को आग लगा दी इस बीच सीकर जिले के फतेहपुर में भी दो दलों के समर्थकों के बीच हुए झगडे में एक मोटरसाईकिल का आग लगा दी

पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से श्री राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है भाजपा के जे पी नडडा और मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई नेताओं ने इस सिलसिले में कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय जाकर शिकायत की श्री नकवी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर नियमों का उल्लंघन किया